इसका उद्देश्य खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढाना है

इस वेबसाइट के जरिये बच्चोंए माता पिताए शिक्षकोंए प्रदर्शकों आदि को वर्च्अल रूप से मेले में भाग लेने के लिए पंजीक़त कराना होगा

इस प्रोजेक्ट का संचालन मोबाइल एप के माध्यम से होगा रीवा के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने बताया कि आईआरएडी मोबाइल एप को वाहन सर्वर के साथ जोड़ा गया है इसमें सभी वाहनों की पूरी जानकारी पहले से दर्ज रहेगी इसे सारथी सर्वर से जोड़ा जा रहा है प्लिसकर्मी अब द्र्घटना स्थल पर जाकर लाइव फोटो तथा वीडियो के साथ इस एप में विवरण दर्ज करेंगे नर्मदा जयंती आज नर्मदा जयंती पर अमरकंटकहोशंगाबादखंडवा जबलप्र और नरसिंहप्र सहित प्रदेश के विभिन्न नर्मदा घाटों पर अनेक आयोजन हो रहे हैं म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद में नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल हो रहे हैं नर्मदा घाटों पर श्रद्वाल् आस्था की इबकी लगा रहे हैं इस दौरान शोभा यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं जीएम दौरा उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने मुरैना में चम्बल रेलवे ब्रिज के साथ मुरैना रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से सुझाव आने पर ग्वालियर श्योप्र नेरोगेज रेल ट्रेक हटाने पर निर्णय होगा यहाँ से श्री त्रिपाठी ग्वालियर रवाना हो गए बैंक प्रस्कृत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन को नाबार्ड दवारा राज्य स्तर पर बीते साल किसानों को सबसे कम समय में फसल ऋण वितरण करने पर प्रस्कृत किया है यह प्रस्कार बीते दिनों नाबार्ड के राज्य ऋण संगोष्ठी कार्यक्रम में बैंक के एमडी एके जैन को वित्त विभाग के संचालक गणेश शंकर मिश्रा एवं नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती पीएस राजी गेन ने प्रदान किया जनआन्दोलन प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है इसके बाद भी विशेषज्ञों ने आम लोगों से सावधान रहने की अपील की है रायसेन जिले के सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के बाद भी हमें बह्त सतर्क रहने की ज़रूरत है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि शिवाजी महाराज का अदम्य साहसए पराक्रम और ब्द्विमत्ता देशवासियों को य्गो य्गों तक प्रेरणा देती रहेगी